वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या नौ हजार से ज्यादा हो गई है वहीं इनमें से छह हजार एक सौ आठ लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्ताईस नये मरीजों के मिलने से जिले में संकमितों की संख्या तीन हजार सात सौ उनचास हो गई है

मुरैना जिले में सीबीआई क्राईम ब्रांच कर्मचारी भी कोरोना पाजीटिव पाया गया है

टीकमगढ के जिला अस्पताल में आज से कोरोना सैंपलों की जांच शुरू हो गई है

राज्य में सोमवार से धार्मिक स्थल होटल रेस्टोरेंट और मॉल कुछ शर्तो के साथ खोले जायेंगे

जिससे किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेंच सकेंगे पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति और किसान अपनी संपत्ति की लिमिट बनवाकर व्यापार और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है वहीं कल मोपाल में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में किसान उत्पादक समूहों का गठन सुनिश्चित किये जाने के लिये भी कहा उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के हित में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं रेडियो स्कूल राज्य शिक्षा केन्द्र का रेडियो स्कूल कार्यक्रम अब आदिम जाति क्षेत्रों में भी सुनाई देगा

गौरतलब है कि कोरोना संकटकाल में पढ़ाई की नियमितता के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के लिए रेडियो स्कूल कायर्क्रम शुरू किया है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

दुर्घटना सागर जिले के गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में आज हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी